इससे प्रदेश के राशन कार्ड धारक किसी भी डीपू से राशन ले सकेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री माई गॉव वेब पोर्टल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं का शुभारम्भ करने सहित आईजीएमसी शिमला में एनजीओग्राफी मशीन का लोकार्पण भी करेंगे मीडिया सम्मान केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर कल सात जनवरी को नई दिल्ली में तीस मीडिया संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान करेंगे यह प्रस्कार देश और विदेश में योग के प्रचार में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले मीडिया संस्थानों के लिए पिछले वर्ष जून से शुरू किया गया था इनमें प्रिन्ट के माध्यम से योग के बेहतरीन प्रचार के लिए ग्यारह पुरस्कार इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्रचार के लिए आठ पुरस्कार तथा रेडियो के माध्यम से प्रचार के लिए अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे कार्निवाल कुल्लू जिले के मनाली में आयोजित विंटर कार्निवाल आज सम्पन्न होगा वन मंत्री गोविंद ठाक्र समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे पांच दिवसीय इस कार्निवाल के दौरान विभिन्न सांस् कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कार्निवाल के मुख्य आकर्षण विंटर क्वीन का चयन भी आज ही किया जाएगा

मौसम जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति और किन्नौर सहित चम्बा की ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा हो रही है वर्षा व हिमपात से तापमान में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है इधर राजधानी शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के मध्यम व अधिक उंचाई वाले अधिकतर स्थानों पर वर्षा व हिमपात और निचले क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से ऐहतियात बरतने की अपील की है

इन खेलों के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने का संदेश दिया जाएगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर मौसम से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है आधे हिमाचल का पारा माइनस में आठ ज़िलों में आज ऑरेंज अलर्ट नौ जनवरी तक खराब रहेगा मौसम पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में मौसम का येलो अलर्ट दो दिन भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में साल की सबसे सर्द रात शनिवार रात टूटे रिकॉर्ड प्रदेश में आठ स्थानों का तापमान माइनस में दर्ज

आज से डिपो में कहीं से भी ले सकेंगे राशन दैनिक जागरण की खबर है इसी अखबार की एक अन्य खबर है शिक्षा विभाग का अधीक्षक अरविंद राजटा सस्पेंड सीएए अल्पसंख्यकों के खिलाफ कतई नहीं शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दूटू में नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को किया जागरूक पंजाब केसरी की खबर है किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नाम पर लग सकती है मोहर लोकायुक्त चयन को लेकर होटल पीटरहॉफ में बैठक आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल में शीघ्र होगी लोकायुक्त की नियुक्ति पंडोह में आग लगने से जिंदा जला पुलिस जवान हिमाचल दस्तक की खबर है